कहा भारत पड़ोसी प्रथम नीति को देता है अत्यधिक महत्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण में नहीं छोड़ेगी कोई कसर कहा सरकार ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती तक देश को कुपोषण से मुक्त करने का लिया है संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या स्थित तुलसी उपवन में भगवान श्रीराम की सात फीट ऊँची काष्ठ प्रतिमा का किया अनावरण कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बढ़ा है भारत का मान प्रदेश में ओलावृष्टि और तेज आंची के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर हई छबीस मुख्यमंत्री ने प्रमावित जिलों में राहत कार्यो का पर्यवेक्षण करने के लिये प्रभारी मंत्रियों को दिया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मॉलदीव और श्रीलंका की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा होगी दोनों देशों की यात्रा के पहले चरण में ये आज मॉलदीव की राजधानी माले पहंचेंगे जहां ये राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ संयुक्त रूप से दो मुख्य परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव और श्रीलंका की यात्रा शुरू होने से पहले अपने संदेश में कहा है कि ये यात्रायें इस बात को दर्शाती हैं कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति को कितना महत्व देता है उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से दोनों समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें पिछले वर्ष नवम्बर में राष्ट्रपति सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव को अपना महत्वपूर्ण भागीदार मानता है उन्होंने कहा कि भारत के लोग श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं ईस्टर संडे के भयंकर आतंकवादी हमले में वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ था उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से श्रीलंका के साथ है माले में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने आकाशवाणी को बताया कि दोनों परियोजनाओं को संयुक्त रक्षा संधि दो हजार सोलह के अंतर्गत भारत द्वारा दिये गये अनुदान से विकसित किया गया है पहली परियोजना है संमेकित प्रशिक्षण केन्द्र जिसका निर्माण भारतीय अनुदान से किया गया है

इससे मालदीव की समुद्री सीमा में लगातार निगरानी में सहायता मिलेगी और उसकी सुरक्षा मजबूत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की संसद आवाम मजलिस को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी को मालदीव द्वारा किसी विदेशी मेहमान को दिये जाने वाले सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से भी सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रीबों उपेक्षितों और समाज के वंचित वर्गो को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें कल मनाए गये पहले विश्व खाद्य स्रक्षा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश और देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा का बहत अधिक महत्व है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती तक देश में क्पोषण की समस्या को दूर करने का संकल्प लिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य वर्धक और संतुलित भोजन लेने की आदत डालें

उन्होंने खाद्य पदार्थों की बबदी रोकने की ज़रूरत पर बल दिया आगरा में इस अक्सर पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में साठ करोड़ खाद्य जनित रोगों के मामले हर साल सामने आते हैं संसद का सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल यूपीए अव्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की यह बैठक विपक्ष के साथ संपर्क साधने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा थी इससे पहले जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और डीएमके नेता टीआर बालू से भी मुलाकात की नवनिवांचित सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सत्रह जून से शुरू होगा और पच्चीस जुलाई तक चलेगा केन्द्रीय बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा रिजर्व बैंक ने निर्घारित समय में भुगतान नहीं होने वाले कर्जो के समाधान के लिए नई रूपरेखा जारी की है जिसके अंतर्गत दबाव में आये कर्जों को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित नहीं किये जाने के लिए तीस दिन का समय दिया है पहले यह अवधि केवल एक दिन थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक कल्याण के लिये समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान बढ़ा है श्री योगी कल अयोध्या स्थित तुलसी उपवन में भगवान श्रीराम की सात फीट ऊँची काष्ठ प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान सरकार के विकास अभियान के साथ साथ भारतीय परम्पराओं और विरासत के बारे में वैश्विक स्तर पर लोगों के मन में एक नया आदर भाव पैदा हुआ है

यह विकास का अभियान हरेक क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच पर मिल रही पहचान भारत की परम्पराओं और भारत की पुरानी विरासत के बारे में दृनिया के मन में जो एक नया आदर का भाव पैदा हुआ है यह एक नई स्थिति है हम सबके लिये

आगे योग की यह परम्परा दुनिया के अन्दर यह भारत की देन है

श्री योगी ने अयोध्या प्रवास के दौरान शहर के विकास कार्यो का जायजा भी लिया इसके अलावा श्री योगी ने राम संग्रहालय अयोध्या शोध संस्थान डाक विभाग की प्रदर्शनी का भ्रमण भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मूर्ति शिल्पियों साहित्यकारों और कलाकारों को भी सम्मानित किया भगवान श्रीराम की सबसे ऊँची प्रतिमा सरयू नदी के तट पर स्थापित की जायेगी राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इस प्रतिमा की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है केन्द्र सरकार ने कैबिनेट समितियों में संशोधन किया है और अधिकतर समितियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल किए गये हैं सरकार ने नियुक्ति आवास आर्थिक मामले संसदीय कार्य राजनीतिक मामले सुरक्षा निवेश और वृद्धि तथा रोजगार और कौशल विकास से संबंधित आठ कैबिनेट समितियों का पूर्नगठन किया था कैबिनेट सचिवालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री राजनाथ सिंह का नाम चार और समितियों में शामिल किया गया है ये समितियां संसदीय कार्य राजनीतिक मामलों निवेश और वृद्धि तथा रोजगार और कौशल विकास से संबंधित हैं इससे पहले राजनाथ सिंह केवल दो समितियों आर्थिक मामलों और सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में शामिल किये गये थें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अब छह कैबिनेट समितियों के सदस्य और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं संशोधित सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह समितियों की अध्यक्षता करेंगे जबकि गृहमंत्री अमित शाह आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष होंगे और शेष सभी सात समितियों के सदस्य होंगे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कैबिनेट की नियुक्ति समिति में शामिल होंगे जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई निदेशक जैसे प्रमुख पदों के लिए नियुक्तियां करती हैं प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि और तेज़ आंधी की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गई और सत्तावन लोग घायल हैं सोलह मकानों को क्षति पहुंची है और इक्कतीस मवेशियों की हानि हुई है मैनपुरी ज़िले में सबसे अधिक छह लोगों की मौत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूछान से प्रभावित एटा कासगंज मैनपुरी बदायू मुरादाबाद और फर्रुखाबाद जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि व इन ज़िलों का दौरा कर के राहत कार्यो का जायज़ा ले